इसके साथ ही रिक्स रेपो दर भी घटाकर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है आज मम्बई में बैंक की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हए बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने बताया मौद्रिक नीति समिति ने हाल के आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रम पर विचार करके उसका आकलन किया

रिजर्व बैंक गर्वनर ने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान छह दशमलव नौ प्रतिशत से घटाकर छह दशमलव एक प्रतिशत कर दिया गया है वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए यह अनुमान संशोधित करके सात दशमलव दो प्रतिशत कर दिया गया है बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उदार नीति जारी रखने का फैसला किया है ताकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रहे रेपो दर में कमी का उद्देश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है भारतीय वायुसेना ने बालाकोट कार्रवाई से संबंधित प्रमोशनल वीडियो आज जारी किया इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि इस वर्ष सत्ताईस फरवरी को कश्मीर में वायुसेना द्वारा अपने ही मी सत्रह हेलीकॉप्टर को मार गिराया जाना एक भूल थी नई दिल्ली में वायुसेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्कवायरी की रिपोर्ट मिल गई है और दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इस घटना में छह वायुसेना कर्मी और एक नागरिक मारा गया था

आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हरी झण्डी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई आर सी टी सी से ऐसी ही ट्रेन लखनऊ से वाराणसी और लखनऊ से आगरा जैसे रेलमार्गो पर भी चलाने का आग्रह किया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस जैसी ट्रेन की इसलिए भी आवश्यकता थी ताकि कारोबारी अफसर सुबह दिल्ली जा कर देर शाम तक वापस लखनऊ लौट सकें लखनऊ से दिल्ली की यात्रा के दौरान यात्रियों को आरामदेह सफर की सौगात देने के अलावा आई आर सी टी सी ने इस ट्रेन में पहली बार कई अन्य सेवाएं भी शुरू की हैं इनमें देरी होने पर यात्रियों को रिफन्ड का प्रावधान पच्चीस लाख रूपये का यात्रा बीमा जैसी सुविधाए शामिल हैं यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के हर दिन चलेगी कल से ट्रेन का व्यावसायिक परिचालन श्रू होगा यह ट्रेन लखनऊ से सुबह छः बजकर दस मिनट पर रवाना होगी और दोपहर बारह बजकर पच्चीस मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी वापसी में यही ट्रेन दोपहर तीन बजकर पैंतीस मिनट पर दिल्ली से चलेगी और रात्रि दस बजकर पांच मिनट पर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि किफायती और सतत ऊर्जा हासिल करना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है नई दिल्ली में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कीमतों के उतार चढ़ाव और तेल की निरंतर आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं से उपमोक्ता देश प्रमावित होते हैं क्योंकि भारत और अविकतर दक्षिण एशियाई देश कच्चे तेल और गैस के आयात पर निर्मर हैं श्री प्रधान ने कहा कि भारत इस समय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देश में ऊर्जा के अभाव से निपटने के लिए विश्व स्तर पर अनेक उपाय कर रहा है श्री प्रधान ने कहा कि भारत को पचास खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह जरूरी है कि एक अरब तीस करोड़ लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए उन्होंने कहा कि दो हजार पैंतीस तक ऊर्जा की मांग चार दशमलव दो प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है बस्ती में जन संकल्प यात्रा के दौरान आज सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर शुरू हये स्वच्छ भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अभियानों से देश की स्वच्छ छवि विश्व को आकर्षित कर रही है सांसद ने लोगों से अपील की कि ये भारत को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये आगे आयें श्री ट्विवेदी गांधी जयंती से प्रारम्भ हुयी पदयात्रा के क्रम में आज बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच थे प्रसिद्व शक्तिपीठ विस्याचल में शारदीय नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला प्रारम्भ होने से अब तक दस लाख से भी अधिक श्रद्वालु मिर्जापुर में विराजमान मां विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर चुके हैं मेले में पड़ोसी राज्य विहार मध्यप्रदेश झारखण्ड छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं विन्ध्याचल में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये धाम वाले क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है